केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से औषध खोज हैकाथन की शुरूआत की इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने छात्रों शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं समेत सभी लोगा से इस हैकाथन में बडी संख्या में भाग लेने और कोविड की कारगर औषधि विकसित करने की अपील की इस अभियान का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से किया है बाइट ये जो महामारी है इस संकट का निदान भारत की धरती से निकलना चाहिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी हम देखना नहीं चाहते हैं इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारा देश विश्व कल्याण का देश है और इसे ये ताकत सामने आनी चाहिए में बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस अवसर पर सभी लोग जो यहां पर आए हैं वो आज से इस विजन और इस मिशन के साथ इसको दौड़कर के रिजल्ट की परिणति तक चुप न बैठें बल्कि सबका उस दिशा में योगदान होगा

उन्होंने कहा कि इन जनपदों में सावधानी बरत कर कोरोना के प्रसार को रोका जा सकता है श्री योगी आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमितों को कोविड चिकित्सालय में भर्ती कराया जाये मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कर संग्रह से संबंधित प्रशासन को सरल बनाने पर जोर दिया है ताकि करदाता अपने सभी दायित्व का आसानी से निर्वहन कर सकें उन्होंने कल वस्तु और सेवाकर जी एस टी दिवस के अवसर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सी बी आई सी के सभी अधिकारियों को एक संदेश में कहा कि हमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर गौर करना चाहिए और इस आत्मनिर्भरता के लिए जीएसटी कर प्रशासन एक बड़ो भूमिका निभा सकता है उन्होंने कहा कि हमें व्यवसायी वर्ग की समस्याओं का तत्परता से समाधान करना चाहिए उन्होंने कहा कि इसी तत्परता से हम निकट भविष्य में वांछित आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं कन्द्रीय सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत द्वारा चीन की ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा है कि यह चीन पर डिजिटल आक्रमण है एक बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया सुचना प्रोद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जायेगा भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा आजकल दो ही चीज चल रहा है एक है कोरोना और दूसरा है चाइना भारत शांति में विश्वास करता है भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है भारत वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास रखता है लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर कोई भारत के साथ आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिलाकर भी जवाब देना जनता है हमनें सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन अगर चीन के लोगों ने लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिक की जो लाइन ऑफ एक्यू ने अल कन्ट्रोल है जो एल ओ सी है तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया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

प्रदेश सरकार ने आज से मेरठ मंडल के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने का काम शुरू कर दिया है इन जिलों में सर्वाधिक संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी हैं इस प्रकार का अभियान राज्य के अन्य भागों में भी चलाया जाएगा हमार संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार कोविड की जांच के लिए गाजियाबाद जिले में एक बडो प्रयोगशाला भी स्थापित करेगी दस दिन लंबे इस अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमें परिवार के सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगी और उनसे जुड़े आंकड़े इकट्ठा करेंगी स्क्रीनिंग के साथ ही यह टीमें स्क्रीनिंग वाले घर पर एस का निशान बनाकर स्क्रीनिंग की तारीख अंकित कर देंगी इस अभियान से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान और उनके जल्द उपचार में आसानी होगी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के जिलों पर खास ध्यान देने को कहा है ये जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब हैं और इनमें कोविड संक्रमित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है उन्होंने हर किसी से स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

यहां इस कार्य के लिये एक हजार चार सौ टीमें लगाई गई है

जिलाधिकारी अनिल ढोंगरा ने बताया कि कोरोना के साथ अन्य बीमारियों की भी सघन जांच की जायेगी जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके बाइट र ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है यह एक नया अभियान शुरू किया गया है

इनका मेन उद्देश्य हर घर में जाकर सर्वे करना है हर मेम्बर से पूछना है और यह आईडेन्टिवफाइव करना है कि कहीं वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है या कोई सांस लेने की बीमारी हो या एसआरआईया एल आई किसी भी ग्रसित तो नहीं है अगर ऐसा होता है तो उसको तत्काल उसको आईडेन्टिवफाइव करते है ओर जो भी उपचार कराना है उसको आईसोलेट करना है क्वारेंटाइन करनी है उनकी सैम्पिलिंग करानी है यह सब हमें कराना है और हर घर के बाहर जो है स्टीकर भी लगाया जायेगा ताकि हम लोग भी इसको क्रास चेक कर सके कि हर धर का सर्वे हो चुका है मैन उददेश्य यह है कि हमें संक्रमण को रोकना है इसकी चेन को तोडना है और मृत्युदर को कम करना है

पीसीडीए पेंशन के दो लेखाधिकारियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिये आज रक्षा मध्य कमान की ओर से प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया यह सम्मान वरिष्ठ लेखाधिकारी एस बासुमातारी और लेखाधिकारी एमएफारूखी को पेंशन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया गया इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल आईएम लाम्बा जनरल आफीसर कमांडिंग सब एरिया प्रयागराज ने इन दोना अधिकारियों को बैच लगाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किये

कार्यक्रम में नियंत्रक मयंक बिष्ट वित्तीय सलाहकार सेन्ट्रल एयर कमांड मिनीश्री बिष्ट सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे

राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रयागराज अयोध्या मऊ बलिया और बस्ती जिलों में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं पर दुःख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना के द्सरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी